इनमें प्रशिक्षित डेप रक्षक लोगों में बेटियां अनमोल हैं की भावना जागृत करेंगे पीसीपीएनडीटी के राज्य समूचित प्राधिकारी नवीन जैन ने बताया कि प्रदेशभर में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्तुतिकरण और एनिमेशन फिल्मों के द्वारा रोचक ढ़ंग से बेटी बचाओ का संदेश प्रसारित किया जायेगा उन्होंने बताया कि इस अभियान में महिला और बाल विकास विभाग ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग शिक्षा विभाग और अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया गया है

प्रदेश में मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने आपत्ति और दावे प्रस्तुत करने का आज आखिरी दिन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद क्मार ने सभी राजनैतिक दलों से अपील की है कि मतदाता सूचियों की गृणवत्ता सुनिश्चित करने और इसमें शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करवाने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे श्री कुमार ने कल जयपुर में राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को संबोधित करते हये कहा कि दो बार मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करवाने की तारीख बढाई जा चुकी है ऐसे में मतदाताओं के पास आज अंतिम मौका है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोजमर्रा की बातचीत के जरिए हिन्दी भाषा के प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया है कल नई दिल्ली में केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया विश्व भर में अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने समिति के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं की मदद से लोग पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं